प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र को ओर मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है कल उत्तराखंड में दूरदराज की चौकी हरसिल में भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा प्लिस के जवानों के साथ दीवाली मनाने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है वन रैंक वन पेंशन समेत भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किये गये विभिन्न उपायों बारे बोलते हए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्रक्षा स्निश्चित करने तथा लोगों को भय रहित वातावरण् देने के लिए जवानों की सहाहना की इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जवानों को बधाई देते हए कहा कि दूर दराज की बर्फीली पहाडियों पर उनकों निष्ठापूर्ण सेवा से देश मजबूत हो रहा है और सवा सौ करोड़ देशवायिों का भविष्य स्रक्षित है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सैन्य बलो को विश्व भर में विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियान में उनके कौशल के लिये प्रशंसा व सराहना मिलती है केन्द्रीय वित्तंमंत्री अरूण जेतली ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को स्चारू बनाने के लिए किये गये महत्वपूर्ण प्रयासों में नोटबंदी अहम कार्य था जिससे कमजोर वर्ग भी औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गये नोटबंदी के दो साल प्रे होने पर श्री जेतली ने कहा कि सरकार ने पहले भारत के बाहर के कालेधन को लक्षित किया और संपत्ति धारकों को दंड कर के भ्गतान पर पैसे वापस लाने को कहा उन्होंने कहा क काफी पैसा म्यूचूअल फंड में आगे के निवेश के िलए लगा दिया गया जो औपचारिक प्रणाली का हिस्सा बन गये श्री जेतली ने कहा कि वह पैसा औपचारिक अर्थव्यवस्था में वापस लाना और धारकों द्वारा कर च्काना नोटबंदी का म्ख्य उद्देश्य था

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने संसाधनों का इस्तेमाल ब्नियादी ढांचा प्रबंधन सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण भारत के लिये किया है उन्होंने कहा कि सातवे वेतन आयोग को जल्दी लागू किया गया और वन रैंक वन पेंशन भी लागू की गई पूर्व प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह ने आज कहा है कि नोटबंदी से हर व्यक्ति प्रभावित हआ है चाहे वह किसी भी आय् धर्म या वयवसाय का हो एक बयान में उन्होंने कहा कि छोटे मझौले उद्योग जो भारतीय अर्थव्यवसथा की ब्नियाद है वो नोटबंदी के झटके से उभर नहीं पाये है उन्होंने सरकार से आर्थिक नीतियों में स्थिरता लाने का आग्रह किया है

आज सोनीपत में उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि हाथ का हनर को विकसित किया जाये

उन्होंने कहा कि हरियाणा में का बोर्ड का गठन किया गया है क्यूकि अच्छे स्वास्थ्य व स्वच्छ पर्यावरण के लिए मिट्टी कला जरूरी है और ये हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है यम्नानगर जिले में आज विश्वकर्मा जयंती श्रद्वा एवं उल्लास से साथ मनाई गई जिले के स्थित हाजारों मेरल प्ल्वाईव्ड फैकट्रिस स्टोन क्रशर व स्वीनिंग प्लांट इकाईयों में मशीनं बदं रही और भगवान विश्वकर्मा की पूजरा की गई कई कार्यक्रम में स्पीकर चौधरी कवंर पाल ने भी शिरकत की और कहा कि भगवान विश्वकर्मा ने विश्व को नई दिशा दी आज विश्वकर्मा दिवस पर जगह जगह अन्नकूट के भंडारे भी लगाये गये अन्न कूट एवं गोवर्धन पूजा पर आज अम्बाला के अनेक मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हआ

प्लिस महानिदेशक श्री बी एस संधू ने पूर्व आईपीएस अधिकारी आर के वछेर के द्खद निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है एक शोक संदेश में श्री संधू ने संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है हरियाणा आईपीएस ऑफिसर ऐसोसिएशन ने भी श्री वछेर के निधन पर शो व्यक्त किया है

प्रदेश में स्कन्या समृदवि योजना के तहत अब तक लगभग चार लाख खाते ख्लवाये जा च्के है योजना में बालिका के जन्म से दस वर्ष तक की आय् तक खाता खोला जा सकता है इस बचत योजना पर सरकार सबसे अधिक दर पर ब्याज दर देती है

विधायक ने बताया कि तीसरी बेटी को जन्म पर भी दूसरी बेटी की तर्ज पर स्कीम में अन्मोदन किया गया है योजना के तहत अब तक प्रदेश मे सत्तासी हजार चार सौ अट्ठावन लाभपात्रों को कवर किया जा चुका है हरियाणा सरकार ने श्रमिं के उत्थान व कल्याण के कई कार्यक्रम चलाये है ताकि श्रमिकों को इनका सीधा लाभ मिले पंचक्ला से विधायक एवं मुख्य सचेतक ज्ञान चंद ग्रुप्ता ने आज विश्वकर्मा दिवस पर कार्यकर्ताओं से बातचीत दौरान कहा िक म्ख्यमंत्री सामाजिक स्रक्षा योजना के तहत गैर अंशदाता श्रमिकों की स्थिति में पांच लाख रूपये तथा अपंगता की स्थिति में एक लाख रूपये दिये जा रहे है साथ की श्रमिकों की कार्य स्थल से बाहर मृत्यु होने पर आश्रितों को अब दो लाख रूपये की सहायता राशि और गैर पंजीकृत श्रमिकों को कार्य स्थल पर मृत्यु होने पर वित्तीय मदद अब ढाई लाख रूपये कर दी है

इन लाइटों के लिए सी आई स्टाफ थाने से द्र्गा कालेज तक आठ मीटर वाले साठ पोपल लगाये है जिस पर न्ब्बेदार की ये आध्निक लाईट लगी है जो टाईमर की मदद से संचालित होंगी इस मौके पर भी बराला ने कहा कि वर्तमान सरकार ऐसी पहली सरकार बनी है जिसके कार्यकाल में की गई घोषणायें उसीके कार्यकाल में त्वरित गति से पूरी हो रही है

बीती रात जगधरी व यम्नानगर में दो जगह आग से लाख का सामान जल कर राख हो गया जगाधरी स्थित स्क्रैप के एक गोदाम में पटाखा गिरने से आग लग गई यहां प्राने फ्रिज आदि रखे थे वहीं यमुनानगर में खजूरी रोड पर एक प्लवाईव्ड फैक्ट्री में आग लगने लाखों का सामान जल गया दमकल की गाड़ियों ने अलग पर मुशिकल से काबू पाया